उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने उद्योगों और निवेशकों को हिमाचल में उद्योग स्थापित करने का दिया न्यौता सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कीरतपुर मनाली फोरलेन का कार्य तय मानकों पर पूरा करने को कहा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा ने नियुक्त किए संसदीय पालक मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए है वे आज शिमला में मुख्यमंत्री की घोषणाओं सहित विभिन्न केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति के अनुसंरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को प्रदेश सरकार से कई अपेक्षाएं हैं ऐसे में अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि समी विमागों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना चाहिए ताकि घोषणाओं पर किया जा रहा कार्य प्रभावित न हो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणोओं को प्रभावी ढंग और समयवद्व पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय विभिन्न विभागों के साथ तालमेल स्थापित करें मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही दिन से एक स्पष्ट उदेश्य और लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने पर बल दिया उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से ई मेल पर तत्काल ध्यान देने ओर ई मेल का अनुश्रवण सभी प्रशासनिक सचिवों द्वारा नियमित करने की जरूरत बताई

इस पोटल के माध्यम से आम लोग अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री को लिख सकते है जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने पर्यटन ऊर्जा व उद्योगों में निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य की शिमला में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार गैर परम्परागत ऊर्जा के दोहन पर बल दे रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन की आपार क्षमता है और यदि इसका सही दोहन हो तो प्रदेश की आर्थिकी में बड़ा बदलाव आ सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में ईको पर्यटन और सहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनछुए पर्यटन गंतव्यों को विशेष बल देगी

आज दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आठवें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि टी बी रोगियों को किफायती गुणवत्तापूर्ण प्रभावशाली और सुरक्षित दवाओं के साथ साथ टीकाकरण व उपचार मुहैया कराने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल किये गये स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्धता को पूरा करने के लिए तत्पर है जेपी नड्डा ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों को प्राप्त करने की दिशा में बड़ी तेजी से पहल कर रहा है उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक या वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के उपयोग के लिए आयुर्वेद और चीन की पारंपरिक उपचार जैसी पद्वतियों को बढ़ावा देने की जरूरत है बिकम सिंह प्रदेश सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों और निवेशकों को पूरा सहयोग व सहायता प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है

उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में उद्योगों और निवेशकों को निवेश मित्र पर्यावरण बेहतर कानून व्यवस्था और श्रेष्ठ अघोसंरचना उपलब्ध हो

उद्योग मंत्री ने निवेशकों और उद्यमियों से हिमाचल के निवेश मित्र वातावरण का लाभ उठाने और राज्य में गुणवत्तायुक्त निवेश करने का आग्रह किया मानिका जैन इस बीच कंबोडिया में भारत की राजदूत मानिका जैन ने हिमाचल के निवेशकों को कंबोडिया में उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि कंबोडिया में वस्त्र पर्यटन व निर्माण उद्योग और कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं और यहां श्रम शक्ति सुलम व सस्ती है जैन ने कहा कि केन्द्र सरकार कंबोडिया और आसपास के देशों में बड़े स्तर पर निवेश को प्रोत्साहित कर रही है और देश खासकर हिमाचल प्रदेश को उद्यमी भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने सशक्त लोकतंत्र के लिए विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को चर्चा और बहस के माध्यम से हल करने की वकालत की है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि सदन के प्रत्येक सदस्य को संसद का समय गंवाए बिना देश के विकास शांति और समृद्धि के लिए अपना योगदान देना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर पूरे विश्व को राह दिखानी चाहिए सरवीण चौघरी प्रदेश में पौधारोपण और उनके संरक्षण में समुदाय की भागीदारी तय करने के लिए सामुदायिक वन संवर्धन योजना आरंभ की जा रही है इसके तहत युवक व महिला मंडलों को पौधारोपण के लिए भूखंड आबंटित किए जाएंगे ये बात शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बसनूर के लंजोत में पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों के नव रोपण व संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देना होगा ताकि धरती हरी मरी रहे इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आज मंडी में फोरलेन सड़क मार्ग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई बैठक में महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कीरतपुर मनाली फोरलेन का काम समयबद्ध और गुणवत्ता के मानकों पर पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए निर्माण कंपनियों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ज़िला प्रशासन और संबंधित विभागों से आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा महेन्द्र सिंह ने फोरलेन कार्य में लगी कंपनियों को मलबे को चिन्हित डंपिंग साइट पर फैंकने के निर्देश भी दिए गोविंद ठाकुर वन व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने स्कूली बच्चों से अपने अपने विद्यालयों में स्मृति वाटिका बनाने की अपील की है ताकि स्कूल छोड़ने के बाद पौधों के रूप में उनकी यादें विद्यमान रहें

गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश से बेहतर खिलाड़ी निकलें और देश व प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रौशन करें उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया सत्ती आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने चारों संसदीय क्षेत्रों में संसदीय पालकों की नियुक्ति की है शिमला से जारी एक बयान में सतपाल सत्ती ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार को कांगड़ा परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर को मंडी पंचाायती राज मंत्री वीरेन्द्र सिंह कंवर को हमीरपुर और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल को शिमला संसदीय क्षेत्र का पालक नियुक्त किया गया है सत्ती ने कहा कि ये सभी संसदीय पालक अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में केन्द्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे बालनाहटा राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा को देश की सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय शिखरीय संस्था नैफस्कॉब का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है उनका चयन राष्ट्रीय फैडरेशन के उत्तरी क्षेत्र के सहकारी बैंकों के तय जोन से हुआ है वहीं नैफस्कॉब मुंबई द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रशिक्षण संस्थान सांगटी को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण कार्य निष्पादन की श्रेणी में देश के सभी सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है स्वावलंबन योजना मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को धरातल पर लागू करने के लिए आज लाहौल स्पिति के केलंग में उद्योग विमाग द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई उपायुक्त अमर नेगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों ने भाग लिया

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोई भी रोगी अस्पताल में दाखिल नहीं है और सभी का इलाज घरों में ही हो रहा है